प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक शिमला में सम्पन्न आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर किया गया मंथन प्रदेश में उपलब्ध जलमार्ग परिवहन क्षमता का पूरी तरह किया जाएगा दोहन

श्री मोदी ने सरकारी संस्थाओं से समन्वय स्थापित करके ग्रामीणों के जीवन में गुणात्मक सुधार लाने के लिए उनका उत्साहवर्धन किया प्रधानमंत्री ने उनकी दक्षता और समर्पण की सराहना की और उन्हें याद दिलाया कि कालाजार जैसी बीमारियों के उन्मूलन में उनके द्वारा किये गये प्रयासों की सराहना बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स भी कर चुके है आशा कार्यकर्ताओं ने हाल ही में अपने पारिश्रमिक भत्ता बढ़ाने और बीमा योजना का लाभ दिये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की और इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जें पी नड्डा भी उपस्थित थे जय राम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि अनुभवी और कर्मठ कार्यकर्त्ताओं के बलबूते भाजपा प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें हासिल करेगी आज शिमला में प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक के समापन सत्र में कार्यकर्त्ताओं को संबोधित करते हए उन्होंने ये बात कही मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि प्रदेश को विकास की राह पर ले जाने के लिए उनका विशेष योगदान रहा है जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के लिए उनके द्वारा दी गई योजनाओं और आर्थिक सहायता के लिए प्रदेशवासी उनके सदा आभारी रहेंगे मुख्यमंत्री ने केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक पहुंचाने का कार्यकर्त्ताओं से आहवान किया

पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि कार्यसमिति ने एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित कर केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों को सराहा

रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता भाजपा की उपलब्धियों से बौखलाहट में हैं और तथ्यहीन ब्यानबाजी कर रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश विदेश में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है और बेरोजगारी भ्रष्टाचार व गरीबी उन्मूलन के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं

उन्होंने बताया कि प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर जीत तय करने के उददेश्य से बनाई गई रणनीति में संगठन कार्यकर्त्ताओं और पन्ना प्रमुखों की भूमिका तय की गई कार्यसमिति के अंतिम सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दावा किया कि भाजपा प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार दुनिया की सबसे बड़ी हेत्थ कवरेज योजना आयुषमान भारत शुरू कर रही है इससे भारत की तस्वीर दिशा दशा दृष्टि और तकदीर बदल जाएगी इस योजना से गरीब वर्ग को सालाना पांच लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा राष्ट्रीय संगठन महासचिव रामलाल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और प्रदेश पार्टी अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने संबोधित किया गोविंद ठाक्र प्रदेश में उपलब्ध जलमार्ग परिवहन क्षमता का पूरी तरह से दोहन किया जाएगा परिवहन मंत्री गोविंद ठाक्र ने आज शिमला में जल परिवहन को लेकर हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इसके लिए संबंधित विभागों को आपसी तालमेल से कार्य करना होगा उन्होंने कहा कि इससे जहां बांध से लगते क्षेत्र के लोगों को परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी वहीं जल क्रीडाओं और परिवहन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा गोविंद ठाकर ने कहा कि भाखड़ा बांध चमेरा और कोल बांध पर जल परिवहन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है

बैठक में जल परिवहन के कारण मछली उत्पादन से जुड़े लोगों पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी चर्चा की गई भारतीय जल मार्ग प्राधिकरण के तकनीकी सदस्य एसके कांग ने जल मार्ग परिवहन के बारे विस्तृत जानकारी दी

उन्होंने कहा कि इस उपमंडी में पहले चरण में नीलामी मंच और आठ द्कानों का निर्माण किया जाएगा मारकंडा ने कहा कि फल व सब्जी मंडी बनने से क्षेत्र की दस पंचायतों के किसान व बागवानों को लाभ होगा

उन्होंने मेले में भाग ले रहे उत्तम नस्ल के पश्ञओं के पालकों को सम्मानित भी किया

आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रदेश की सेब मंडियों में इस एक्ट का उल्लंघन हो रहा है और बागवानों से अवैध रूप से सेब के बॉक्स पर फीस काटी जा रही है राकेश सिंघा ने कहा कि एक्ट में किए गए प्रावधानों के तहत किसान व बागवानों द्वारा उत्पादित सब्जी व फलों को वजन के आधार पर ही बेचा जा सकता है जबकि सेब के मामले में ऐसा नहीं किया जा रहा है

कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार पर बैंकों में उपभोक्ताओं के साथ हो रही धोखाधड़ी पर अनदेखी का आरोप लगाया है शिमला से जारी एक ब्यान में पार्टी प्रवक्ता संजय चौहान ने कहा कि बैंकों में न्यूनतम बैलेंस के चलते लोगों के पैसे काटे जा रहे हैं और एक साल तक बैंक खाते का इस्तेमाल न कर पाने वाले उपभोक्ताओं के खातों को बंद किया जा रहा है संजय चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने जनधन योजना के तहत लोगों के खाते खुलवा कर बैंकों से जोड़ा और अब खाते में न्यूनतम राशि न होने पर उनके पैसे काटे जा रहे हैं मौसम पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश में मौसम ने आज करवट बदली है राजधानी शिमला व इसके आसपास के क्षेत्रों सहित अन्य इलाकों में बाद दोपहर से घने बादल छा गए और कुछ स्थानों पर वर्षा हुई

चम्बा चम्बा जिला के जनजातीय क्षेत्र भरमौर के लूणा में कल शाम हुई बस दुर्घटना में मृतकों की संख्या तीन हो गई है

बागवानी यूनियन कृषि व बागवानी यूनियन जिला शिमला के उपाध्यक्ष ईश्वर सिंह दमसेठ ने किसानों को सरकार द्वारा किसी भी तरह की राहत न देने पर चिंता जताई है उन्होंने एक ब्यान में कहा है कि छोटे व मध्यम वर्ग के किसानों व बागवानों के सेब के बागीचे अनैतिक तौर पर काटे जा रहे हैं जिससे वे बेघर हो गए हैं उन्होंने किसानों के ऋण माफ करने की सरकार से मांग की है